संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के अलावा वे अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अमरीका की यात्रा के दौरान आज सुबह वे थोड़ी देर के लिए फ्रैंकफर्ट में रूके इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न उपायों ग्णवत्तापूर्ण शिक्षा जलवायु परिवर्तन और समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होनी है प्रधानमंत्री कल ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय को सम्बोधित करेंगे भारतीय समुदाय के इस आयोजन हाउडी मोदी में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी उनके साथ होंगे श्री मोदी ने कहा कि भारतवंशियों के कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति की उपस्थिति भारत की व्यापक पहुंच के प्रमाण में मील का पत्थर साबित होगी व्यापक स्वास्थ्य दायरे से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत सहित विभिन्न पहल के जरिए जरुरतमंदों को स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने में भारत की उपलबियां साझा करेंगे इस यात्रा के दौरान प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें यह प्रस्कार दिया जा रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि भारतीय गुणवत्ता परिषद नीति का खाका तैयार करने पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब इस विषय के लिए औपचारिक काम शुरू किया गया है आज हैदराबाद स्थित परियोजना प्रबंधन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि परियोजना प्रबंधक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मूड़ीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कॉर्पोरेट कर दर में कटौती के सरकार के फैसले को क्रेडिट पॉजिटिव कदम बताया है रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कर कटौती से भारतीय कंपनियों की शुद्ध आय बढ़ेगी मूहीज इन्वेस्टर्स सर्विस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास हालन ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि भारतीय कॉर्पोरेट्स के क्रेडिट प्रोफाइल पर कॉर्पोरेट टैक्स कटौती का अंतिम प्रमाव इस बात पर निर्मर करेगा कि क्या वे व्यापार ऋण या उच्च शेयखारक रिटने में पुनर्निवेश के लिए अधिशेष आय का उपयोग करते हैं मूड़ीज ने कहा कि कॉपरिट कर में कटौती कंपनियों के लिए क्रेडिट पॉजिटिव है क्योंकि इससे वे कर के बाद अधिक आय प्राप्त करने में सक्वम हो सकेंगी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कल कंपनियों के लिए आयकर दर में लगभग दस प्रतिशत की कमी कर इसे पचीस दशमलव एक सात प्रतिशत और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर पन्द्रह दशमलव एक प्रतिशत कर दिया है केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माताओं से कहा कि उन्हें सरकार द्वारा घोषित कर प्रोत्साहन का पूरा लाभ उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि हाल के उपायों से भारत को विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने की सरकार की प्रतिबद्वता प्रदर्शित होती है प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मोबाइल एप्प ने कुपोषण से पीड़ित बच्चों की जांच और उन्हें उपचार के लिए बड़े अस्पतालों में भेजने के काम को आसान कर दिया है राज्य में पोषण माह की पहले पखवाड़े में इस एप का उपयोग करके आठ हजार चार सौ पांच कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें बेहतर उपचार के लिए भेजने की व्यवस्था की गई है एक रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के महाप्रबंधक डॉ मनोज शुक्ल ने बताया कि ये मोबाइल एप द्रदराज में रहने वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है इस एप से किसी किस्म की जन्म से होने वाली बीमारी की पहचान आसान हो गई है एप में बीमारी से जुड़ी सारी जानकारी बच्चों की तस्वीर के साथ अपलोड कर दी जाती है जिससे डॉक्टरों के साथ भी प्रशासन भी कहीं से उन पर निगाह रख सकता है हर बच्चे का स्वास्थ्य संबंधी फोलोअप भी इस एप में अपडेट किया जाता है पोषण माह के दौरान चिनिह्त किए गए कृपोषित बच्चों में से एक हजार से ज्यादा बच्चों को अति कृपोषित पाया गया और एप के जरिए स्क्रीनिंग के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया नये वायुसेना अध्यक्ष होंगे वह इस महीने की तीस तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ का स्थान लेंगे एयर मार्शल भर्दौरिया इस समय उप वायुसेना प्रमुख हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त श्री भदौरिया को भारतीय बायू सेना में जून उन्नीस सौ अस्सी में कमीशन मिला था अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया था